बैठक के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा राज्य के युवाओ की भर्ती और भारतीय वायुसेना की प्रदेश में मानवीय सहायता मिशन पर चर्चा हई राज्यपाल ने आपात स्थिति में राज्य के दूरदराज के लोगो को भारतीय वाय्सेना द्वारा एयर लिफ्ट करने और स्थानीय लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए आभार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को भारतीय वायुसेना पर गर्व है राज्यपाल ने भारतीय वायुसेना के प्रमुख से अरुणाचल प्रदेश के युवाओ को वायुसेना में भर्ती के लिए प्रोत्साहित करने हेत् जागरुकता शिविर लगाने और विशेष भर्ती रैली आयोजित करने का सुझाव दिया उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा और मेडिकल इमरजेंसी के समय भारतीय वायुसेना द्वारा पहुंचाई गई सहायता सराहनीय है पहली बार अरुणाचल दौरे पर आए वाय्सेना अध्यक्ष ने इंडियन एयर फोर्स की ओर से राज्य को हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया

इस अवसर पर स्थानीय विधायक तारिन दाकपे राज्य के प्लिस महानिदेशक आर पी उपाध्यक्ष कामले लोअर सियांग धेमाजी के प्लिस अधीक्षक और एन एच पी सी के आलाधिकारी उपस्थित थे अपने संबोधन में श्री फेलिक्स ने प्रदेश के विभिन्न संगठनों से अपनी मांगो को लोकतांत्रिक तरीके से रखने की अपील की

अरुणाचल दौरे पर आए बी सी सी आई के सचिव जय शाह ने कल पाप्मपारे जिले के दोईम्ख में अरुणाचल क्रिकेट बोर्ड के पदाधिकारियों और खिलाड़ियों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि इंडोर क्रिकेट अकादमी की स्थापना पर करीब सात करोड़ रुपये की लागत आएगी श्री शाह ने कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हए इंडोर कोचिंग फेसिलिटी के विस्तार को प्राथमिकता दे रही है उन्होंने कहा कि प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य में एक एक क्रिकेट अकादमी और मानको के अन्रुप क्रिकेट ग्राउंड स्थापित किए जाएंगे श्री शाह ने कहा कि राज्य में क्रिकेट अंपायर्स वीडियो एनलिस्ट प्रशिक्षकों सहित विभिन्न समूह के कर्मियों को एन सी ए द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा इस अवसर पर आई पी एल गवर्निंग काउंसिल के सदस्य मामोन मज्मदार अरुणाचल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष टी सी तोक उपाध्यक्ष नाबम विवेक सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे

बजट सत्र का पहला भाग उन्तीस जनवरी से पंद्रह फरवरी तक चलेगा और द्सरा भाग आठ मार्च से आठ अप्रैल तक चलेगा कृंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज संवादादताओ को बजट सत्र के बारे में जानकारी दी बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनो सदनों को संबोधित करेंगे बजट सत्र में प्रश्नकाल और शून्यकाल होगा

इसी काम में राज्य के वित्त मंत्री का प्रभार संभाल रहे उप म्ख्यमंत्री चाउना मैन ने कल राज्य सचिवालय में पर्यटन मंत्री नाकप नालोह सचिव साधना देउरी और निदेशक अब् तायेंग के साथ बैठक की उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए पर्यटन क्षेत्र का भी विकास जरुरी है श्री मैन ने कहा कि अरुणाचल ट्रिजम को विश्व पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के लिए वित्तवर्ष वर्ष दो हजार ईक्कीस बाईस के बजट में पर्यटन क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी

बैठक के दौरान राज्यपाल ने बालिकाओं और महिलाओं की किसी भी शिकायत का त्वरित गति से निपटारा करने पर जोर दिया इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष राधिल् चाई तेसी और महिला और बाल विकास विभाग की सचिव निहारिका रॉय मौजूद थी

इस अवसर पर स्वास्थ्य सचिव पी पार्थिबन सहित स्वास्थ्य विभाग के आलाधिकारी मौजूद थे अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में हेपेटाइटिस के मामलो की शुरुआती दौर में ही पता लगाने के लिए राज्य के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में जांच सुविधा बढ़ाने को प्राथमिकता दे रही है उन्होंने चिकित्सको से हेपेटाइटिस से पीड़ित लोगो को स्वास्थ्य स्विधाएं मुहैया कराने को कहा